संसद का शीतकालीन सत्र आज से

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा संपूर्ण कर मुक्त निकासी के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना में किया जायेगा बदलाव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शिक्षा विकास की कुंजी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से देश के विकास में मदद मिल सकती है कल गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षा बच्चे को अच्छा इंसान बनाती है उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रही है

यह अपने आप में बहुत बड़ी संपदा है मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रदेश में इनफॉरमेशन टेक्नॉलाजी और स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए नई नीति लागू की गई है

श्री कोविंद ने महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ की समावि पर पुष्पाजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय वित राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल उपस्थित थे संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है लगभग एक महीने चलने वाला यह सत्र अगले महीने की आठ तारीख तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के सभी मूद्रों पर चर्चा करने के लिए तैयार है संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे सदन में रचनात्मक माहौल बनाए रखें और लोगों के कल्याण से जुड़े मुद्दों का मिलकर समाधान करें संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सत्र के दौरान कुल पैंतलिस विधेयक पेश किए जाएंगे

जिन पर काम काज सदन करे यह अपेक्षा है जिसमें विधेयक भी है तीन अध्यादेश है और सस्तीमेंट्री बजट भी है इस बैठक सभी लीडस उपस्थित थे सभी ने सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार को आश्वस्त किया है राज्यसमा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा के लिए सभी दलों के नेताओं की कल बैठक ब्लाई मंत्रियों सहित इक्कतीस नेताओं ने इसमें भाग लिया श्री नायडू ने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों के पास यह अधिकार है कि वे अपना अपना एजेंडा प्रस्तुत करें लेकिन यह तमी हो सकता है जब संसद का कामकाज सुचारू रूप से चले बैठक में श्री जेटली ने कहा कि यदि सरकार और विपद्व दोनों के लिए समुवित समय का आवंटन किया जाए तो सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करा सकती है श्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस भी चाहती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और विधेयक पारित किए जाए विपक्षी दलों ने सत्र के सिलसिले में रणनीति तय करने के लिए अलग से बैठक की लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन निचले सदन की बैठकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलेंगी आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उर्जित पटेल ने अपने बयान में कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ उन्होंने कहा कि बीते वर्षो में आरबीआई में काम करना मेरे लिये गर्व की बात रही इस दौरान आरबीआई के अधिकारियों प्रबंधन और स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला मैं आरबीआई बोर्ड के सभी निदेशकों और सहकर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ से से राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदला है और बेटा बेटी एक समान की परिकल्पना साकार हो रही है उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की सहमागिता निरन्तर बढ़ रही है जिसका मूल श्रेय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिष्ठण संस्थाओं को जाता है राज्यपाल कल राजमवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विभिन्न वर्षो में आयोजित किये गये दीक्षान्त समारोह की स्थिति तथा इनके सम्पादन की क्ल अवधि के बारे में जानकारी दे रहे थे राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र के नियमित होने से समय से प्रवेश एवं परीक्षाएं हो रही है तथा नियमित दीक्षान्त समारोह का भी आयोजन हो रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह बदलाव देश की तस्वीर बदलने में निर्णायक सिद्ध होगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन कोष और निवेश के तरीके का चयन करने की स्वतंत्रता होगी केन्द्रीय रेल व संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि वर्ष दो हजार उन्नीस में देश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड न हो रेल राज्य मंत्री लखनऊ में सीएमएस डिग्री कॉलेज में गाजीप्र समागम में बोल रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे बाद की जनरेशन का इंफ्रास्ट्रक्वर जो देश में बन रहा है उसका श्रेय प्र्वानमंत्री को जाता है रेल राज्यमंत्री ने कहा पूर्वांचल में गाजीपुर सबसे अधिक पिछड़ा जिला था भारत सरकार का गाजीपुर के विकास में पहले कोई योगदान नहीं रहता था लेकिन प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गाजीपुर विकास के केन्द्र में आ गया है उन्होंने कहा कि गाजीपुर दिल्ली और लखनऊ हवाई सेवा जल्द ही गुरू होगी से से दुनियामर में प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार करना कल से महंगा हो गया है भारतीय प्रातत्व सर्वक्षण विभाग ने पर्यटकों के लिये टिकटों के दामों में बढ़ोत्तरी की है घरेलू पर्यटकों को पचास रूपये के टिकट पर चमेली फर्श और मुगल बादशाह शाहजहां तथा उनकी बेगम मुमताज की कब्रों के दीदार के लिए अब दो सौ पवास रूपये प्रति टिकट देना होगा वहीं विदेशी पर्यटकों को इसके लिये ग्यारह सौ रूपये और तेरह सौ रूपये का टिकट खरीदना होगा प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ठक्कर का कल सवेरे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निघन हो गया बहत्तर वर्षीय श्री ठक्कर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके नियन पर शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री ठक्कर सादगी और अपनत्व के लिए जाने जाते थे सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन रातौड़ ने भी श्री ठक्कर के निघन पर गहरा दुख व्यक्त किया है कर्नल रातौड़ ने कहा कि श्री ठक्कर समर्पित और ईमानदार अधिकारी थे से से प्रयागराज में संगम के पास यमुना नदी में कल शाम एक नाव के पलट जाने से चौदह तोग डूब गये इनमें से तीन महिलाओं सहित पांच की मौत हो गयी जबकि छः लोग बचा लिए गये तीन लोगों की तलाश की जा रही है घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है और गायब लोगों की तलाश तेज किए जाने के निर्देश दिए हैं